श्री शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों से दुर्व्यवहार करने पर सख्त कार्रवाई होगी चिकित्सा मंत्री ने कहा कि पिछले तीन दिनों में प्रदेश में कोरोना पॉजीटिव का ग्राफ तेजी से बढा है

उन्होंने कहा कि संकमण फैलाना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि ये सभी लोग संक्रमित पाए गए लोगों के सम्पर्क में थे राजस्थान में सामने आए नए मामलों में तबलीगी जमात से जुड़े महाराष्ट्र के छह और झारखंड के दो व्यक्ति भी है इनके अलावा आज उदयपुर में तीन लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है

उन्होंने बताया कि आमजन इसका उपयोग कर सकेंगे इस सेनेटाइजिंग चैंबर के अंदर प्रवेश करते ही औषधियों से मिश्रित जल की फुहारें शरीर पर गिरती है इससे व्यक्ति सेनेटाइज होकर बाहर आ जाता है यह सेनेटाइजर नीम तुलसी स्प्रिट गेंदा का फूल और प्यूरीफाइड पानी के मिश्रण से तैयार किया गया है

श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए मौजूदा देशव्यापी पूर्णबंदी में लोगों ने अभूतपूर्व अनुशासन और सेवा की भावना का परिचय दिया है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी नागरिकों से इस एप को डाउनलोड करने का आग्रह किया है यह मोबाइल एप लोगों को नोवल कोरोना वायरस के संकमण के लिए जोखिम का स्वयं आकलन करने में समर्थ बनाता है

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस के संकमण को रोकने के लिए राज्यपालों और उप राज्यपालों को सुझाव दिया कि वे विभिन्न धार्मिक नेताओं से भीड़ एकत्र करने वाले आयोजन करने से बचने की लगातार अपील करें ताकि कोरोना वायरस के संकमण को फैलने से प्रभावी रूप से रोका जा सके

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं

बिजाई के समय से पहले ही सरकारी अनुमति के कारण किसानों को बीज खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी राजस्थान में बीटी कॉटन की सबसे अधिक बिजाई हनुमानगढ और श्रीगंगानगर जिले में होती है